मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों व लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह किया है उन्होंने प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कफ्यू में ढील का समय एक घंटा बढ़ाने के अलावा सुबह की सैर के लिए भी छूट दी है जयराम ठाकुर ने कहा कफ्यू के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को हिमाचल लाया जा रहा है उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन में रहते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है आदेश केन्द्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य माल वाहक वाहनों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देशभर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए उन्होंने पहले जारी किये गये आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रकों के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान आवश्कयक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखना ज़रूरी है गृह सचिव ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिला अधिकारी और अन्य एजेंसी इस संबंध में पूरी तरह से अवगत हों

मामले पर आज सुनवाई होगी

हालांकि इन क्षेत्रों में लॉकडाउन व कफ्र्यू अभी आगामी आदेशों तक जारी रहेगा

कांगडा उधर कांगड़ा और सोलन ज़िले पूरी तरह कोरोना मुक्त हो चुके हैं दोनों ही ज़िलों में कोरोना के एक्टिव सभी मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं टांडा अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है ये दोनों मीडियाकर्मी हैं और कांगड़ा व चम्बा ज़िलों से संबंध रखते हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है क्वारंटीन तोड़ने की सूचना न दी तो निकाय अध्यक्षों पार्षदों और प्रधानों की जाएगी कुर्सी दिव्य हिमाचल का शीर्षक है होम क्वारंटाइन पर प्रधान रखेंगे नज़र पंचायत प्रतिनिधियों आशा वर्कर्ज की जिम्मेदारी तय कोताही पर होंगे बर्खास्त हिमाचल दस्तक के अनुसार बाहर से लौटे लोगों पर कई नज़रें सरकार ने दिया पंचायतों शहरी निकायों को निगरानी का अधिकार दैनिक सवेरा टाइम्स मुरव्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हिमाचल जल्द ही कोरोना मुक्त राज्य होगा आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में दो और पॉजिटिव मरीज हुए ठीक कांगड़ा हुआ कोरोना मुक्त दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में तीन और स्वस्थ इनमें जालंधर से आए दो लोग व ऊना का जमाती शामिल दैनिक भास्कर के अनुसार लॉकडाउन के बाद भी सील रहेगी सीमा सोलन और कांगड़ा रेड जोन से बाहर

नमस्कार